मुंगेर में पांच और औरंगाबाद तथा दरभंगा में कोरोना वायरस के एक एक संदिग्ध मामले सामने आये

केन्द्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को आपदा के रूप में अधिसूचित किया है इससे प्रभावित लोगों को राज्य आपदा राहत कोष से मदद दी जा सकेगी गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में मृतक के निकटतम आश्रितों को राज्य आपदा राहत कोष से चार लाख रूपये दिये जायें इसके अलावा राहत और बचाव कार्यों में लगे लोगों में से किसी की मौत हो जाने पर उसके परिवार को भी इतनी ही राशि प्रदान करने को कहा गया है संक्रमित मरीज के इलाज पर अस्पताल द्वारा जो राशि खर्च की जाएगी वह संबंधित राज्य द्वारा तय दरों के अनुरूप ही होगी इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद पर होने वाला खर्च राज्य आपदा राहत कोष वहन करेगा भारत में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर चौरासी हो गई है इनमें दिल्ली और कर्नाटक में इस संक्रमण से एक एक व्यक्ति की मौत का मामला भी शामिल है स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने बताया कि इनमें से दस मरीज पूरी तरह से स्वस्थ्य होकर अपने घर लौट गये हैं इधर मुंगेर में पांच और दरभंगा तथा औरंगाबाद में कोरोना वायरस के एक एक संदिग्ध मरीजों की पहचान हुयी है इन सभी को आईसोलेट कर रखा गया है सभी के रक्त और लार के नमूने जांच के लिये पटना के आरएमआरआई भेज दिये गये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये राज्यों को हरसंभव मदद दी जायेगी श्री चौबे ने बक्सर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र द्वारा बीमारी की रोकथाम को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर एहतियात के तौर पर बिहार के लगभग सभी जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है इसके तहत एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक रहेगी साथ ही किसी प्रकार के सभा प्रदर्शन और सामूहिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी गयी है हमारे पूर्वी चंपारण संवाददाता ने बताया कि रक्सौल नेपाल सीमा पर कल से आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहेगी अररिया के जोगबनी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी द्वारा हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है वहीं प्रदेश के सभी जेलों में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये एहतियात के तौर पर कैदियों से बाहरी लोगों की मुलाकात पर रोक लगा दी गयी है इस संबंध में जेल आईजी ने निर्देश जारी कर दिया है इधर राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पहले से अवकाश पर गए कर्मियों को ड्यूटी पर वापस लौटने को कहा गया है उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है ताकि संक्रमण ग्रस्त व्यक्ति का राज्य में प्रवेश नही हो सके श्री पांडेय ने बताया कि पटना स्थित पीएमसीएच आईजीआईएमएस और एम्स में भी कोरोना वायरस की जांच की सुविधा शुरू होगी पूर्व मध्य रेलवे ने ट्रेनों को संक्रमण रहित करने के लिये विशेष प्रबंध किये हैं साथ ही ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाले चादर कम्बल और तकियों को भी संक्रमण मुक्त किया जा रहा है स्टेशनों पर प्लेटफार्म की केमिकल से सफाई की जा रही है भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये प्रदेश और जिला स्तर के सभी बड़े कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि राजगीर में बीस से बाईस मार्च तक आयोजित होने वाले जिला और क्षेत्रीय कार्यशाला को भी स्थगित कर दिया गया है इधर भागलप्र के कहलगांव स्थित विक्रमशिला महाविहार को पर्यटकों के लिये बंद कर दिया गया है गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी बाईस मार्च तक पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है छात्रावास को भी खाली करने के आदेश दिये गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि दरभंगा के डीएमसीएच में वर्तमान में काम कर रहे छह बेड के आईसोलेशन वार्ड को बढ़ाकर बारह बेड वाला किया जा रहा है गया शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में विशेष आईसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं अररिया में सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल में पांच पांच बेड के विशेष वार्ड बनाये गये हैं सीतामढ़ी सदर अस्पताल में छह बेड का आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है वहीं मंडल रेल अस्पताल दानापुर में इलाज के लिये एडवांस लाईफ सपोर्ट सिस्टम यूक्त पृथक वार्ड बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्तियों को घर में अलग थलग रखने के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की लोगों से अपील की है प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह व्यवस्था लोगों तथा उनके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी ब्रेनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें

यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्य पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए बुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खासी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत पर इसका मामूली असर पड़ेगा राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से हवा के साथ रूक रूककर बारिश हो रही है बारिश से ठंड में बढ़ोतरी हुयी है आज सबसे अधिक पचास मिलीमीटर बारिश चेनारी रफीगंज और बिहारशरीफ में दर्ज की गयी मौसम विभाग ने राज्य में अगले चौबीस घंटे में रूक रूककर बारिश की संभावना जतायी है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है हल्की बारिश से रबी फसलों को फायदा पहुंचा है जबकि कई जिलों में दलहन और तिलहन की फसल को भारी क्षति हुयी है कृषि वैज्ञानिक मुकेश कुमार ने बताया कि दाना पकने की अवस्था में पहुंच चुके चना मसूर और मटर की फसलों को मुख्य रूप से क्षति हुयी है कृषि विभाग ने पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कोरण खेतों में लगी फसल को हुये नुकसान के आकलन करने का निर्देश दिया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारी और प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक को क्षेत्र का भ्रमण कर नुकसान की जानकारी लेने को कहा गया है पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने आदापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मूर्तिया गांव से दो लाख चौबीस हजार रूपये मूल्य के जाली नोट के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है शिवहर की सांसद रमा देवी ने आज सरोजा सीताराम सदर अस्पताल में शहर के पहले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया दरभंगा जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने पच्चीस सौ बोतल विदेशी शराब बरामद कर एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी से लगभग दो लाख रुपये के जेवरात लूट लिये और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को आपदा के रूप में अधिसूचित किया

मुंगेर में पांच और औरंगाबाद तथा दरभंगा में कोरोना वायरस के एक एक संदिग्ध मामले सामने आये